दस आतंकी और दस पाकिस्तानी सैनिक ढेर प्रदेश में विघानसभा की ग्यारह सीटों के उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू मतदाता शाम छः बजे तक कर सकेंगे अपने मताधिकार का उपयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक में कहा राज्य सरकार गोवंश की सुरक्षा संरक्षण व संवर्धन के लिए है प्रतिबद्व केन्द्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में गांधी संकल्प यात्रा में लिया हिस्साः कहा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन जीया ग्रामोत्थान के लिए

सेना की यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में नागरिकों पर पाकिस्तान की ओर से अकारण गोलीबारी के बाद की गई है सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने नई दिल्ली में बताया कि तंगधार सेक्टर के सामने के इलाके में जवाबी कार्रवाई करते हुए सेना ने आतंकवादियों के आधार शिविरों को ध्वस्त कर दिया है हमें कुछ सटीक सूचना प्राप्त हुई है और वो यह है कि पीर पंजाल के उत्तर में कुछ आतंकी शिविर सक्रिय हैं आतंकी इन शिकिरों में पहुंच चुके हैं जवाबी कार्रवाई में हमारे सैनिकों ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है हमने तंगधार और कैरन सेक्टर के उस ओर आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया है जनरल रावत ने कहा कि तंगधार में पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश के तहत भारतीय सीमा चौकियों पर गोलीबारी की लेकिन सेना ने घुसपैठ का प्रयास विफल कर दिया सेना प्रमुख ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर समाप्त होने के हटने के बाद सेना को सीमापार से लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ करने के प्रयास की सुचनाएं मिल रही हैं उन्होंने कहा कि जम्मू कस्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान घाटी में हालात खराब करने का प्रयास कर रहा है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर तनाव बढ़ने को लेकर सेना प्रमुख से बात की है हमारे संवाददाता ने बताया है कि रक्षामंत्री व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं प्रदेश विधान सभा की ग्यारह सीटों के उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया है मतदाता शाम छः बजे तक अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे मतगणना चौबीस अक्टूबर को कराई जायेगी प्रदेश की जिन विधान सभा सीटों के लिए उपचुनाव कराये जा रहे हैं वे हैं लखनऊ कैण्ट सहारानपुर की गंगोंह रामपुर अलीगढ़ की इग्लास कानपुर की गोविंदनगर चित्रकूट की मानिकपुर प्रतापगढ़ बाराबंकी की जैदपुर अम्बेडकरनगर की जलालपुर बहराइच की बलहा और मऊ की घोसी सीट हमारे संवाददता की एक रिपोर्ट प्रदेश में ग्यारह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कुल एक सौ नौ उम्मीदवार मैदान मे है दो हजार तीन सौ सात मतदान केंद्रों पर चार हजार पांच सौ उन्नतीस बूथ बनाए गए है जहां लगभग उन्नीस लाख महिलाओं सहित इकतालीस लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे इस चुनाव में भाजपा सपा बसपा और कांग्रेस सहित सभी बड़ पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे है निष्पक्ष स्वतंत्र और शातिपूर्ण मतदान के लिए राज्य पुलिस और पीएसी के अलावा कंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है

एमएसयादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ निर्वाचन आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए ग्यारह सामान्य प्रेक्षक के अलावा तीन सौ सैंतीस सेक्टर मजिस्ट्रेट साठ जोनल मजिस्ट्रेट चार सै इकहत्तर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ पांच सौ बीस माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किये गये है चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए इक्कीस हजार से अधिक कर्मचारियों को मतदान ड्यूटी पर लगाया गया है

मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को पूरी मदद का आश्वासन देते हए कहा कि सरकार इस गंभीर मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और दोषी लोगों को कतई बख्शा नहीं जायेगा इस बीच कमलेश तिवारी हत्याकांड की चल रही जांच के दौरान पता चला है कि हत्या के संदिग्ध आरोपी लखनऊ के ही एक होटल में ठहरे थे सूत्रों के अनुसार होटल के कमरे से बरामद किये गये भगवा कपड़ों पर खुन के निशान मिले हैं पुलिस ने संदिग्ध सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है गौरतलब है कि हिन्दू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की गत शुक्रवार को लखनऊ स्थित उनके घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी

उन्होंने अधिकारियों को निराश्रित गोवंश की समुचित देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि शासन द्वारा पश्नओं के लिए चलायी जा रही योजनाओं के प्रति पश्पालकों को जागरूक किया जाए मुख्यमंत्री श्री योगी ने पश्पालन अधिकारियों को निर्देशित करते हए कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने जनपद में गो आश्रय स्थल का निरीक्षण करें व इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करायें मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों व किसानों को बायोफ्यूल के विषय में जागरूक किया जाये मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि प्लास्टिक से होने वाली समस्याए समय के साथ और गम्मीर होती जा रही हैं प्लास्टिक पश्ओ की मौत का कारण बन रहा है इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया गया है उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पशुपालकों को पशुओं के टीकाकरण के लाभ के विषय में जानकारी दी जाय

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी खनिज और धात् व्यापार निगम एम एम टी सी महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर जारी इंडिया गोल्ड कॉयन पर तीन प्रतिशत की छूट दे रही है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में एम एम टी सी के अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद एम एम टी सी ने सोने की रिकॉर्ड बिक्री की है उन्होंने कहा कि धनतेरस के त्यौहार के लिए एम एम टी सी अपनी बिल्कुल नई प्रदर्शनी सह बिक्री के साथ सोने और चांदी की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है

श्रीमती ईरानी ने कहा गांधी जी जीवन पर्यन्त ग्रामोत्थान के लिए कार्य करते रहे केन्द्रीय मंत्री ने कहा केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन आयुष्मान योजना और किसान सम्मान योजना का लाभ गरीबों को मिल रहा है उन्होंने कहा कि अमेठी में विकास कार्य दिख रहे हैं योग के महत्व और मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र पर इसके प्रभाव को उजागर करने के लिए कल दिल्ली के निकट नोएडा में एक समारोह का आयोजन किया गया योगदा सत्संग सखा आश्रम द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय आयोजन में पन्द्रह सौ से अधिक लोग शामिल हुए इस अवसर पर आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद गिरि ने कहा योग की प्राचीन क्रिया वर्तमान विश्व में मानवता के लिए अधिक प्रासंगिक है भारत के पचासवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार फिल्म बनाने वाले निर्देशकों के प्रतियोगिता खंड में शामिल की गई फिल्मों के नामों की घोषणा कर दी गयी है अभिषेक शाह द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म हेल्लारो और मनु अशोक की मलयालम् फिल्म उयारे इस समारोह में शामिल हैं

एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव नारायण ने बताया कि मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया अभिजीत के खिलाफ हत्या आदि के सात मामले दर्ज हैं